शिमला में आज प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में कई ऐसे अनछुए क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला से मैकलोडगंज तक रोपये का निर्माण अगले वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा

जिसे अगले वर्ष मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है इस बीच मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक अन्य बैठक में बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए

आज पहले दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए अपने नामांकन दाखिल किए

सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में कंपैक्टर व स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा नगर निगम शिमला को ये चार मशीनें प्रदान की गई हैं सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिमला शहर में अब टेकनोलोजी के माध्यम से साफ सफाई की जाएगी और देश के कई शहरो में इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आध्निक तकनीकों से लैस इन मशीनों के माध्यम से शिमला शहर के कूड़े को उठाने के अलावा पानी की बोछारों से साफ सफाई की जाएगी

धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकार ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है और हिम केयर योजना सहारा और मुख्यमंत्री ग़हिणी योजनाओं के माध्यम से सभी पात्र लोगों लाभ पहंचाया गया है वनमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे ध्रआं मुक्त घोषित किया गया है

प्रदेश भाजपा ने वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला के रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का जायजा लिया उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा कल रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में सर्वसम्मति से चयन पर बल दिया है शिमला में आज वर्चुअल माध्यम से जिला कांग्रेस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई पदाधिकारी पार्टी समर्थित प्रत्याशी के सर्वसम्मति से चयन के लिए मैदान से हट जाता है तो उसके राजनीतिक हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा राठौर ने कहा कि ये चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े अधिक से अधिक लोगों को आगे लाने का प्रयास किया जाएगा

पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि सभी पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करने शिकायतों का निवारण ऑनलाईन सत्यापन और अन्य गतिविधियों का आंकलन किया जाता है और शिमला का बालूगंज थाना प्रदेशभर में अव्वल रहा है चिड़गांव पुलिस थाना को दूसरा कोटखाई को पांचवां ढली को छठा और न्यू शिमला पुलिस थाने को नौवां स्थान हासिल हुआ है कुल्लू मंडी कांगड़ा ऊना और हमीरपुर जिले के एक एक पुलिस थाने ने भी शीर्ष दस में जगह पाई है

उन्होंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे गोविंद ठाकुर ने कहा कि अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है टीकाकरण हिमाचल प्रदेश को बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण के मामले में देश भर में अव्वल आंका गया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में ये खुलासा हुआ है

महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने लोगों की मांग पर ही ये स्वास्थ्य केंद्र खोले थे और इन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने दिए निर्देश

बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण के मामले में हिमाचल देशभर में रहा अव्वल